सरकार ने निजी स्कूलों में आगामी आदेश तक फीस संग्रहण को किया स्थगित

शादी और मृत्युमोज जैसे कार्यक्रमों से संक्रमण फैलने के कई मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने निगरानी बढा दी है

जिले में सैम्पलिंग का दायरा बढाते हुए रोजाना तीन हजार से अधिक नमूने लेने को कहा गया है जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में कोरोना जांच की अधिकतम क्षमता साढे तीन हजार का समूचा उपयोग किया जाए और सैम्पलिंग के कार्य में लगी टीमों की संख्या बढाई जाए उन्होंने दूरदराज के क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियां बढाने के भी निर्देश दिए

इस संबंध में राजस्थान पुलिस के अपराध शाखा के उप महानिरीक्षक किशन सहाय की ओर से आदेश जारी किये गये हैं

अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान भी है

सरकार ने इस अवधि के दौरान गैर सरकारी स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के संबंध में भी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक टवीट में कहा कि मुल संदर्भ को बनाए रखते हुए सिलेबस को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में असाधारण स्थिति है

उन्होंने कहा कि सरकार टेलिविजन धारावाहिक फिल्म निर्माण एनिमेशन और गेमिंग को गति देने के लिए रियायते देने की भी तैयारी कर रही है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इन उपायों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी

इस आयोजन में सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने तकनीकी सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि फिल्मों में सरकार की भूमिका सुविधा प्रदाता की होनी चाहिए

इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन मांगे गये हैं पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि ग्राम रक्षक स्वयं सेवक के रूप में दो साल के लिए तैनात किये जाएगे ये स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देगें इन्हें कोई वेतन मत्ता नहीं दिया जाएगा इच्छ्क व्यक्ति अपना आवेदन राजस्थान प्रलिस की वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं

पिछले दो दिन से मानसन के फिर से सकिय होने से बआई में तेजी आने की संभावना है कृषि आयक्त डॉ ओम प्रकाश ने आकाशवाणी को बताया कि प्रदेश में बीज की अनुमानित मांग सवा दो लाख टन है

मंत्रालय ने कहा है कि टिड्डी दलों को मारने के अभियान को कीटनाशकों के हवाई छिडकाव की क्षमता बढाकर मजबूत किया गया है

भारत में टिड्डी दल उन्मूलन अभियान के इतिहास में पहली बार वायु सेना की मदद ली गई

कल दक्षिणी पूर्वी राज्यों के साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश होने से लोगों गर्मी से राहत मिली है